् गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया राज्यों के बीच तथा राज्य के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं

्रदेश में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है ्द देश की पहली ऑनलाइन लोक अदालत आज राजस्थान में आयोजित

कोटा में कोटा बैराज के एक गेट को खोलकर पांच हजार क्युसेक पानी की निकासी की गई है बुंदी के बरघा बांध पर चादर चल गई है इसी तरह सिरोही जिले में नक्की झील और दो बांध लबालब हो गए है उन पर चादर चल रही है उधर बांरा जिले में मध्यप्रदेश से बहकर आए पानी से परवन नदी में उफान आ गया है इस कारण प्रशासन ने नदी के किनारे समी गांवों और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है प्रशासन ने इन क्षेत्रों में चौकसी बढा दी है

करौली जिले के पांचना बांध से पानी की निकासी के संबंध में प्रशासन द्वारा चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा ड्रंगरपुर चित्तौडगढ राजसमंद सिरोही पाली तथा जालौर में अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है

राज्य में मौसम की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे है मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक आरएस शर्मा

केन्द्रीय गृह सचिव ने समी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों या जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है साथ ही इससे आँर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड रहा है गुह मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के प्रतिबंध न लगाये जायें

हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और जिला स्तर पर रेपिड रेस्पॉन्स टीमें बनाई गई है

श्रीगंगानगर में भी आज से सोमवार तक लॉकडाउन लागू किया गया है

कोरोना से मृत्यु दर घटकर एक दशमलव आठ सात प्रतिशत रह गई है

साथ ही उन्होंने जयपुर के राणा सांगा मार्केट का भी शुभारम्म किया इस अवसर पर श्री गहलोत ने गृणवत्ता नियंत्रण के लिए मोबाइल एप आरएचबी सजग को लांच किया और पुस्तिका का विमोचन किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर और अल्प आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराना भी गूड गवर्नेन्स का हिस्सा है

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आवासन मंडल के माध्यम से आधरभूत ढांचे के विकास संबंधी कार्य भी कराये जाएंगे

यह दिन बुद्धि और रिद्वि सिद्वि के दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों और अन्य स्थानों पर सामूहिक धार्मिक आयोजन नहीं हो रहे हैं हमारे सवाईमाघोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रसिद्व त्रिनैत्र गणेश मंदिर में इस साल नहीं भर रहा है

बीकानेर जैसलमेर सिरोही बांरा झालावाड राजसमंद में कोरोना गाइडलाईन की पालना करते हुए गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है सीकर के विजयश्री गणेश मंदिर में एक दूसरे के बीच जरूरी दूरी बनाए रखते हुए गणेश चतुर्थी को पर्व मनाया जा रहा है उदयपुर के मंदिरों में सादगी के साथ मनाये जा रहे इस पर्व के तहत इस साल दस दिन चालने वाला गणेश उत्सव नहीं रखा जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ दी है